इस अवसर पर गृह मंत्री कुमार वाई मुख्य सचिव सत्य गोपाल राज्य पुलिस महा निदेशक एस बी के सिंह आई टी बी पी और एस एस बी के आला अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस के इस कदम के तहत राज्य के सात जिलों में टूरिस्ट पुलिस यूनिट का शुभारंभ किया गया है और वे विशेष डिजाइन के वाहन से लैस है वर्तमान में तवांग ईटानगर जीरो रोईंग पासीघाट नामसाई और पांगसूपास में इस इकाई को तैनात किया गया है

मोटर स्पोटर्स क्लब ऑफ अरुणाचल द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग चार सौ पच्चीस के चिंपू और होलोंगी के बीच प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर के लिए पंजीकृत प्रत्येक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एम एस एम ई को नये ऋण या एक करोड़ तक के अतिरिक्त ऋण लेने पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी आज शाम नई दिल्ली में एम एस एम ई क्षेत्र के लिए सहयोग और लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत कई नये उपायों की घोषणा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एम एस एम ई द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान पर निर्यात के पहले और बाद में ब्याज में छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी है उन्होंने कहा कि इस तरह के उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण केवल उनसठ मिनट में मंजूर कर दिए जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जमीनी स्तर पर काफी काम किया है और एम एस एम ई क्षेत्र के उद्यमियों के लिए नियमों में सुधार किए है उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हालही में मणिप्र की राजधानी इंफाल में संपन्न हुए पहले पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने पदक विजेताओं से प्रदर्शन को और ऊँचाई पर ले जाने की अपील की उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल क्षेत्र में ब्रेनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति के साथ विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश ने पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों की बारह प्रतिष्पर्धाओं में कुल छिहत्तर पदक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल की अध्यक्षता में कल ईटानगर में टेलिकॉम मानिटरिंग कमेटी की पहली उच्चस्तरीय बैठक हुई इस अवसर पर उन्होंने राज्य के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओ को गुणवत्ता के साथ पहुंचाने के लिए द्ररसंचार सेवा प्रदाताओं से त्वरित गति से कार्य करने को कहा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न द्ररसंचार परियोजनाओं की समीक्षा की राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत दो हजार से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है

छात्र संघों ने राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि को संबंधित एजेंसी को जल्द जारी करने का आग्रह किया ताकि सड़क का मरम्मत का कार्य जल्द शुरु हो सके रेल यात्री बिना आरक्षण वाली सामान्य श्रेणी की टिकटों की आज से ऑन लाईन ब्रुकिंग कर सकेंगे इसके लिए यात्रियों को गूगल प्ले स्टोर विंडो स्टोर से अपने मोबाइल पर यू टी एस एप डाउनलोड करना होगा सभी जरुरी जानकारियाँ रजिस्टर करने के बाद यात्रियों को यू टी एस मोबाइल एप पर एक यूजर आई डी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे लॉग इन करके सामान्य टिकट बुक करा सकेंगे उन्हें अब रेलवें आरक्षण काउंटर पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना एडेगा वस्तु और सेवा कर प्रणाली जीएसटी के पिछले वर्ष जुलाई में लागू होने के बाद से दूसरी बार कर संग्रह एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है सरकारी सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर दो हजार अटठारह में कुल एक लाख सात सौ दस करोड़ रुपये की वसूली हुई सितंबर में जीएसटी से चौरानवें हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त हई थी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी के तहत कर संग्रह में बढ़ोत्तरी कम दरों भुगतान से बचने की प्रवृत्ति में सुधार अनुपालन में वृद्धि केवल एक ही कर होने और कराधान अधिकारियों की दखलंदाजी बहुत कम हो जाने से हुई है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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया